नमक सत्याग्रह की स्मृति में कल राजधानी ईटानगर के देरा नात्ंग राजकीय कॉलेज से गंगा मार्केट तक शिक्षा विभाग ने एक रैली आयोजित की जिसमें प्रदेश के अलावा असम सिक्किम नागालैंड त्रिप्रा मिजोरम और मणिप्र के तीन सौ प्रतिभागियों ने भाग लिया राजधानी क्षेत्र के सभी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयो में दण्डी मार्च के चित्रात्मक दृश्य पर एक पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित किया गया था जिसमें लगभग सात सौ छात्रों ने भाग लिया इस प्रतियोगिता को राजधानी क्षेत्र जिला प्रशासन ने आयोजित किया था उधर दिबांग वैली जिला म्ख्यालय में जिला प्रशासन ने भारतीय सेना के साथ मिलकर नशा म्क्त भारत थीम के साथ एक रैली का आयोजन किया नशा म्क्त भारत कार्यक्रम आजादी का अमृत समारोह का ही एक भाग है तवांग वेस्ट कामेंग ईस्ट सियांग सियांग लवर स्बनसिरी और राज्य के अन्य जिलो से आजादी का अमृत कार्यक्रम आयोजन किए जाने की रिपोर्ट मिल रही है

राज्यपाल आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के राष्ट्रीय समिति का सदस्य है इस दौरान स्वतंत्रता सेनानी मातम्र जामोह को याद करते हए उन्होंने सभी अरुणाचली स्वतंत्रता सैनानियों के बलिदान को वर्तमान पीढ़ी तक पहचाने पर बल दिया राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रीय प्रभाव के लिए हमारे स्वतंत्रता सैनानियों की योगदान को स्वीकार करने का यह सही समय है

बिजली विभाग ने एक प्रेस विज्ञपती जारी कर कहा है कि कल स्बह के पांच बजे से अगले रविवार के बारह बजे तक पावर कट रहेगा इस सटडाउन पिरिय्द में चिम्प् सब स्टेशन से कनेक्टेट तैंतीस के वी फिडर के बिजली आपूर्ती पर इसका असर रहेगा

इस दौरान उन्होंने आगामी शैक्षिक सत्र की तैयारी वित्तीय आवंटन शिक्षक छात्र अन्पात और विद्यालय व शिक्षण स्टॉफ के अन्य जरुरतो की समीक्षा की राज्यपाल ने केडेट्स के रहने और खाने पीने की स्विधा पर अपनी चिंता जताई शिक्षा विभाग और निर्माणकार्य एजेंसी का समयसीमा के अंदर यूद्ध स्तर पर कार्य को समाप्त करने पर राज्यपाल ने बल दिया बाद में राज्यपाल ने शिक्षण कर्मचारियों के साथ बातचीत भी की

नामसाई में ताई खामती भाषा के शिक्षको को संबोधित करते हए उप मुख्यमंत्री चाऊना मैन ने कहा की वर्ष दो हजार इक्कीस को राज्य सरकार ने शिक्षा का वर्ष घोषित किया है और इंडिजिनस संस्कृती भाषा और साहित्य को संरक्षित करने के लिए नितियों को अपनाने पर बल दिया

गौरतलब है कि चार दिसम्बर उन्नीस सौ ग्यारह को अंग्रेजो के खिलाफ अंतिम य्द्ध केकार मोन्यींग में लड़ी गई थी लेकिन इस साइट को अब तक युद्ध साइट के तौर पर विकसित नही किया गया है और न ही यहाँ युद्ध स्मारक का निर्माण किया गया है जिले में आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अवसर पर जिला प्रशासन ने कई कार्यक्रमो का आयोजन किया इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग और स्थानीय विधायक ओजिंग तासिंग उपस्थित थे